उन्होंने कहा कि जल संकट से निपटने के लिये सभी को मिलजुलकर प्रयास करने होंगे

अटल जयंती प्रदेश में आज महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं श्री वाजपेयी की जयंती पर जबलपुर में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राजधानी भोपाल इन्दौर जबलपुर होशंगाबाद शिवपुरी उमरिया और ग्वालियर सहित विभिन्न शहरों में रक्तदान शिविर फल वितरण और स्वच्छता अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ग्वालियर में आज शाम स्वर्गीय वाजपेयी के जीवन पर आधारित नाटक मंचन और पुस्तक मेरी यात्रा अटल यात्रा के विमोचन के मौके पर उपस्थित रहेंगे इसके अलावा हमारे अटल प्यारे अटल काव्य संध्या में भी शामिल होंगे किसमस क्रिसमस का पर्व आज देश के साथ ही प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईसाई समुदाय द्वारा प्रभू यीश के जन्मोत्सव को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसाई समुदाय सहित सभी प्रदेशवासियों को क्रिसमस की श्भकामनायें दी हैं इस मौके पर गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया और झांकियां लगाई गई हैं धर्मगुरु बिषप चाको ने बताया कि ईसाई समाज इस बार क्रिसमस पर पर्यावरण संतुलन के लिए ग्रीन और क्लीन क्रिसमस का संदेश देगा

आज शाम गिरजाघरों में जन्मोत्सव पर प्रभु यीशू की आराधना की जायेगी

तो आईये आज जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भ्रान्ति और उसकी असलियत के बारे में नागरिकता संशोधन कानून का यह अर्थ भी कतई नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अलावा अन्य देशों में धार्मिक आधार पर भेदभाव का सामना कर रहे हिंदू भी नागरिकता कानून के अंतर्गत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं बल्कि उन्हें हमारे देश की नागरिकता लेने के लिए सामान्य प्रक्रिया से ग्जरना होगा इसके लिए उन्हें या तो पंजीकरण कराना होगा अथवा नागरिकता हासिल करने के लिए आवश्यक समय भारत में गुजारना होगा

कार्यक्रम के पहले दिन आज शाम पद्म विभूषण से सम्मानित राजन साजन मिश्र और प्रसिद्ध नृत्यांगना लता सिंह मुंशी की भरत नाट्यम की प्रस्तुति होगी

कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रसिद्ध गज़ल गायिका पीनाज मसानी की प्रस्तुति होगी

होल्कर स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस मैच के सामान्य श्रेणी के टिकटों की बुकिंग आज से की जा सकेगी

इस दौरान शहडोल संभाग में ठंड के तेवर तीखे हुए

मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम में आये इस बदलाव का कारण अरब सागर से आ रही नमी और हवा के रूख में बदलाव को बताया है